यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का पांचवां संस्करण है

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों स ेस्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चुनिंदा लाभार्थियों स्वच्छताग्रहियों और सफाईकर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे

इनसे सात करोड़ से अधिक महिलाए जुड़ी हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए देशभर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को संबोधित करते हए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं के नेतत्व वाले उद्यमों को मदद दी जा रही है

शहरी विकास मंत्री शहरी विकास व आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के जाठिया देवी व रामपुर धर्मशाला के नरघोटा व कांगडा के देहरा में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनियों एवं बद्दी और परवाण् में औद्योगिक प्लॉट बनाने की कार्य योजना के शीघ्र कार्यान्वयन करने पर बल दिया है

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला के रामपुर व जाठिया देवी सोलन के धर्मपुर सुंदरनगर के रजवाड़ी में आवासीय कॉलोनी के कार्यो को शीघ्र पूरा किया जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कल चुराह विधानसभा क्षेत्र में कंडोल कठेड और जसौरगढ गदयोग संपर्क सडकों का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि चुराह घाटी की प्रमुख सडक की अपग्रेडेशन के अलावा संपर्क सड़कों के नेटवर्क को विस्तार देना उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है चंबा तीसा सड़क मार्ग पर तीसा नाला पर बनने वाला डबल लेन पुल अगले वर्ष प्ररा हो जाएगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल विधानसभा के मानसुन सत्र और कोरोना महामारी से जुड़ी खबरें आज समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है

दिव्य हिमाचल लिखता है कोविड के चलते पूरी सुरक्षा अपनाएगा विधानसभा सचिवालय दैनिक भास्कर के अनुसार विधायक आज से ऑलाइन भेज सकते हैं अपने प्रश्न हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के हवाले से लिखा है सरकार सदन में चर्चा को तैयार

दैनिक भास्कर का कहना है दून के विधायक पॉजिटिव आईजीएमसी भेजे गए हिमाचल दस्तक के मुताबिक सीएम जयराम के सुरक्षा दस्ते में कोरोना अटैक

अंडर ग्रेज्यूएट परीक्षाओं पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है नहीं टलेंगी कालेज परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुकराई याचिका जबकि अमर उजाला लिखता है हाईकोर्ट की हरी झंडी आज से तय शेडयूल से होंगी यूजी की परीक्षाएं